न्यायाधीश अरूण मिश्रा न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं इधर इस मामले में विधायक पृथ्वीराज मीणा तथा कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में केवीएट दाखिल की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर आमजन की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाए राजनीति करने का आरोप लगाया है उन्होंने जनता के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार की अस्थिरता की दोषी कांग्रेस पार्टी खुद है लेकिन दोषारोपण भाजपा पर किया जा रहा है श्री पूनिया ने कहा कि कोरोना और टिड्डी दल जैसी बड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की बजाए सरकार होटल में बैठकर राजनीति कर रही है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर जिले में दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ़तार किया है

झालावाड़ जिले के बकानी मार्ग पर कल देर रात एक पिकअप और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई हादसे में बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही और पिकअप के ड्राइवर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई

अभयारण्य के उपवन संरक्षक पी मोहन राज ने बताया कि रणथम्मौर के चिकित्सकों की मौजूदगी में मृत बाघ का पोस्टमार्टम किया जाएगा

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकानाएं दी है प्रदेश में आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है महिलाएं घरों में तीज माता की पूजा अर्चना कर रही है इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयपुर की प्रसिद्ध तीज माता की लवाजमे के साथ शाही सवारी नहीं निकाली जाएगी राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जयपूर में सरकारी दफ्तरों में आज आधे दिन का अवकाश घोषित किया है वहीं करौली स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में श्रद्वालुओं को झांकी के ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रह रहे हैं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 बार बार हाथ धोए या सेनेटाइजर से साफ करें